करोड़ों रूपये की चल अचल संपत्ति का हुआ खुलासा

ऐसे मामलों की अब होगी स्पीडी ट्रायल

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुयी बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि रेरा के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है प्रधान सचिव ने बताया कि सभी जिलों में पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय खोले जायेंगे इन कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न कृषि योजनाओं का गांव स्तर पर क्रियान्वयन होगा श्री सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने पैक्स के माध्यम से किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की योजना को भी मंजूरी दी है वहीं एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने प्रर्वतन अवर निरीक्षक के एक सौ नवासी और मोटरयान निरीक्षकों के उनसठ अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी

न्यायमूर्ति ए एम सप्रे और एस के कौल की पीठ ने चौवन वर्ष पुराने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिस कर्ज का भुगतान किया जाना है वह भी पैतृक होना चाहिये

ईओयू के एडीजी जे एस गंगवार ने बताया कि अभी भी तलाशी का काम जारी है छापेमारी के दौरान चल अचल संपत्तियों से संबंधित कागजात गहने निवेश से संबंधित दस्तावेज बैंक पासबुक और कई वाहन जब्त किये गये हैं देवेन्द्र प्रसाद के खिलाफ ईओयू ने ज्ञात स्त्रोतों से एक करोड़ बत्तीस लाख रूपये से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था

सूत्रों ने बताया कि ईओयू ने राज्य के विभिन्न थानों में दर्ज छत्तीस मामलों में अपनी जांच पूरी कर ली है ये मामले दो हजार तेरह से दो हजार अठारह के बीच के हैं

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गृह सचिव आमिर सुबहानी और पुलिस महानिदेशक के एस द्विवेदी ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये निर्देश में कहा गया है कि एसपी जिले के नोडल पदाधिकारी होंगे जो अपने क्षेत्र में उन्मादी हिंसा वाले इलाकों की पहचान करेंगे मुख्य सचिव ने डीएम और एसपी को पिछले पांच सालों के दौरान भीड़ की हिंसा की घटनाओं के आंकड़े एकत्रित करने और इस संबंध में तत्काल मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया साथ अधिकारियों को हिंसा के शिकार परिवारों को तत्काल मुआवजा प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया

परिवाद में कहा गया है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है इसके बावजूद तेजस्वी प्रसाद यादव राजनीतिक वैमनस्यता के कारण इस संबंध में लगातार गलत बयानबाजी कर रहे हैं इससे उनकी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है इस मामले की उनतीस अगस्त को सुनवाई होगी

मन की बात की यह सैंतालीसवीं कड़ी होगी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा यह प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा डीडी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी इसे प्रसारित किया जाएगा मन की बात कार्यक्रम के मैथिली अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद किया जायेगा इसी प्रसारण को आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से रात्रि आठ बजे से दोबारा सुना जा सकता है

कुछ दिन पूर्व ईडी ने भरत यादव के मुंगेर और झारखण्ड स्थित कई अचल संपत्तियों को जब्त किया था

इन दोनों ही थानों के पुलिसकर्मियों की अवैध बालू खनन में संलिप्तता पायी गयी थी

जवाबी फायरिंग में एक अपराधी गंभीर रूप से घायल हुआ है इस मामले में दो की गिरफ्तारी हुयी है

पुलिस ने बताया कि एक मरी बकरी को निकालने के लिये तीनों लोग टंकी में घुसे थे

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समारोह के मुख्य अतिथि होंगे समारोह में विश्वविद्यालय के सोलह पूर्व कुलपतियों को सम्मानित किया जायेगा

दानापुर से कल रात्रि के साढ़े दस बजे सिकंदराबाद के लिये विशेष ट्रेन खुलेगी जो वापसी में उनतीस अगस्त को दानापुर के लिये प्रस्थान करेगी वहीं बरौनी से कल दोपहर ढाई बजे सिकंदराबाद के लिये विशेष ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है यह ट्रेन वापसी में उनतीस अगस्त को सिकंदराबाद से खुलेगी परसों सत्ताईस अगस्त को सुबह साढ़े छह बजे दरभंगा से भोपाल के लिये ट्रेन का परिचालन किया जायेगा वापसी में यह ट्रेन उनतीस अगस्त को रात्रि के आठ बजे भोपाल से दरभंगा के लिये प्रस्थान करेगी पटना से सत्ताईस अगस्त को शाम के सवा चार बजे भुवनेश्वर के लिये विशेष ट्रेन चलायी जा रही है यह ट्रेन भी उनतीस अगस्त को वापसी में पटना के लिये खुलेगी सत्ताईस अगस्त को ही पटना से इंदौर एक और विशेष ट्रेन का परिचालन इंदौर के लिये होगा

परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि आज आधी रात से कल आधी रात तक यह सुविधा मिलेगी

विभाग ने कहा है कि मॉनसून की ट्रफ लाईन पटना के ऊपर से होकर गुजर रही है जिस कारण पटना और आसपास के हिस्सों में देर रात से लगातार बारिश हो रही है

गिरफ्तार अपराधियों के पास से चालीस कारतूस और छह मोबाईल भी जब्त किये गये हैं

हिन्दुस्तान लिखता है रेलवे टेंडर घोटाला लालू राबड़ी व तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दैनिक जागरण की सुर्खी है रेरा रजिस्ट्रेशन के बगैर फ्लैट की बिक्री नहीं प्रभात खबर लिखता है लालू को जाना होगा जेल जमानत अवधि बढ़ाने से हाई कोर्ट का इंकार दैनिक भास्कर की सुर्खी एयरसेल मैक्सिस केस में ईडी ने चिदंबरम से छह घंटे पूछताछ की राष्ट्रीय सहारा ने एशियाई खेलों से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है नौकायान व टेनिस में भारत को गोल्ड आज ने लिखा है नेशनल कांफ्रेस और भाजपा में गठजोड़ की संभावना बढ़ी

करोड़ों रूपये की चल अचल संपत्ति का हुआ खुलासा

ऐसे मामलों की अब होगी स्पीडी ट्रायल